राष्ट्र आज बहत्तरवां गणतंत्र दिवस मना रहा है

पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस

और पूरे प्रदेश में ठंड के साथ साथ कोहरे का प्रभाव जारी

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

मुख्य समारोह नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली साउंड बाईट समारोह में देश की सैन्य शक्ति सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया समारोह में विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों की बत्तीस झांकियां प्रदर्शित की गयी डिजिटल इंडिया नये श्रम कानून आत्मनिर्भर भारत अभियान न्यू इंडिया वोकल फॉर लोकल और सीआरपीएफ तथा बीआरओ की झांकियां भी इस परेड में शामिल थीं राफाल लड़ाकू विमान गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष रूप से प्रदर्शित किए गए राफाल विमानों के साथ साथ दो जगुआर लड़ाकू विमान और मिग उनतीस विमान भी परेड में शामिल थे मिग विमानों ने राजपथ के ऊपर तीन सौ मीटर की ऊंचाई पर सात सौ अस्सी किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से एकलव्य फॉरमेशन में उड़ान भरी परेड का समापन रफाल विमान की उड़ान से हुआ जिसमें इस विमान ने राजपथ के ऊपर नौ सौ किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया वायुसेना के विमानों ने त्रिनेत्र फॉरमेशन में भी अपने करतब दिखाए समारोह के दौरान स्वदेश में विकसित मुख्य युद्धक टैंक टी नब्बे भीष्म इनफैंट्री कॉम्बैट व्हीकल बीएमपी द्वितीय ब्रह्मोस अस्त्र प्रणाली पिनाक टैंक टी बहत्तर और समविजय इलेक्ट्रॉनिक सामरिक प्रणाली परेड का मुख्य आकर्षण रहे नौसेना की झांकी स्वर्णिम विजय वर्ष भी परेड में प्रदर्शित की गई जिसमें उन्नीस सौ इकहत्तर में पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के हमले को दिखाया गया परेड का समापन वायु सेना के विमानों के फ्लाईपास्ट से हुआ गणतंत्र दिवस समारोह की शुरूआत से पूर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश की रक्षा में शहीद हुए जवानों को श्रद्वांजलि अर्पित की प्रदेश में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया गया जहां राज्यपाल फागू चौहान ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित थे राज्यपाल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में कानून का राज कायम रखना सरकार की प्राथमिकता है

इस अवसर पर प्रदेश के पूलिस अधिकारियों और सिपाहियों को वीरता प्रस्कार से सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग में झंडा फहराया विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और विधानपरिषद में कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने झंडोत्तोलन किया भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जयसवाल जदयू प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा राजद प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने झंडोत्तोलन किया अन्य राजनीतिक दलों के प्रदेश मुख्यालयों में भी तिरंगा फहराया गया हमारे संवाददाताओं ने उल्लासपूर्ण माहौल में गणतंत्र दिवस मनाये जाने की खबर दी है प्रमंडल मुख्यालयों में प्रमंडलीय आयुक्त और जिला मुख्यालयों में जिलाधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली वहीं राज्य के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों सहित अन्य कार्यालयों में भी तिरंगा फहराया गया आकाशवाणी पटना परिसर में उप महानिदेशक वेद प्रकाश और द्रदर्शन केन्द्र पटना में उप महानिदेशक राजीव सिन्हा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया स्वयंसेवी संस्थानों के कार्यालयों में भी झंडोत्तोलन हुआ पटना के इनर्जी इंटरनेशनल में अध्यक्ष विजय नारायण झा ने तिरंगा फहराया बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन पटना में अध्यक्ष अनिल सुलभ ने झंडोत्तोलन किया राज्यपाल फागू चौहान ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज दोपहर बाद राजभवन में स्वागत समारोह का आयोजन किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा विधान परिषद् के सभापति अवधेश नारायण सिंह समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इसकी विभिन्न मीडिया इकाईयों ने आज से भारत पर्व की शुरूआत की है वर्च्रअल तरीके से आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में देश की विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया है इस आयोजन का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना है भारत पर्व इकतीस जनवरी तक चलेगा बिहार की भावना कंठ ने पहली महिला पायलट होने का गौरव हासिल किया जो नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुईं भावना कंठ दरभंगा जिले के घनश्यामपुर प्रखंड के बौर गांव की रहने वाली हैं वे भारतीय वायुसेना में मिग इक्कीस बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती हैं भावना कंठ उन तीन महिला पायलट में से एक हैं जिनका चयन पहली बार फाइटर प्लेन उड़ाने के लिये हुआ था वहीं सीतामढ़ी के कमरूल जमां ने आज परेड में ब्रह्मोस मिसाईल दस्ते का नेतृत्व किया उन्होंने ब्रह्मोस मिसाईल की खूबियां बतायीं

वे मधूबनी के राजनगर के रहने वाले हैं केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पूर्व केन्द्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान को पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा की है वहीं गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में तथा कला के क्षेत्र में मध्यबनी पेंटिंग की जानी मानी कलाकार दुलारी देवी को पद्मश्री देने की घोषणा की गयी है जाने माने लोक नर्तक रामचन्द्र मांझी को भी कला के क्षेत्र में पदमश्री प्रस्कार प्रदान किया जायेगा वहीं भागलप्र के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिये पदमश्री देने की घोषणा की गयी है रामविलास पासवान और मुद्रला सिन्हा को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया जायेगा मध्रबनी पेंटिंग के लिये पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दुलारी देवी ने कहा कि यह उनकी वर्षो की तपस्या का फल है

एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले इन असाधारण व्यक्तियों ने अन्य लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव लाने में योगदान दिया है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी है गणतंत्र दिवस पर लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के पांच सैनिकों को मरणोपरांत वीरता पदक से सम्मानित किया गया इनमें पटना के सुनील कुमार भोजपुर के चंदन कुमार सहरसा के कुंदन कुमार समस्तीपुर के अमन कुमार और वैशाली के जयकिशोर सिंह शामिल हैं इधर प्रदेश के अठारह पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है इनमें से पांच पुलिस कर्मियों को वीरता पदक दो को विशिष्ट सेवा पदक और ग्यारह को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के एक सौ साठ नये मामलों की पूष्टि के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख साठ हजार एक सौ उनतालीस हो गयी आज सबसे अधिक पटना से पैंसठ मामले सामने आये हैं गया से तेरह और सारण से ग्यारह मामलों की पुष्टि हुई है पांच जिलों से एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है इधर देश भर में पिछले चौबीस घंटों में कोविड उन्नीस से पंद्रह हजार से अधिक लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही ठीक होने वालों की संख्या एक करोड़ तीन लाख से अधिक हो गयी है स्वस्थ होने की दर छियानवे दशमलव नौ प्रतिशत है वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या एक लाख सतहत्तर हजार दो सौ छियासठ है देश भर में अब तक बीस लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटों में सात हजार सात सौ चौंसठ सत्रों में चार लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया इधर बिहार में अब तक अठासी हजार दो सौ सात स्वास्थ्य कर्मियों को टीके दिये जा चुके हैं कल दो सौ इकसठ कोन्द्रों पर बारह हजार पचहत्तर लोगों का टीकाकरण हुआ वरिष्ठ चिकित्सक और आईजीआईएमएस के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने लोगों से आगे आकर टीका लगवाने की अपील की है उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को कहा है डॉक्टर मंडल ने कहा कि टीका लेने के बाद भी लोगों को कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए

मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज गया पूर्णिया और सुपौल में शीत दिवस की रिथति बनी रही मौसम वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि आने वाले दो से तीन दिनों तक मौसम के रूख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा

और अब अंत में मूख्य समाचार एक बार फिर राष्ट्र आज बहत्तरवां गणतंत्र दिवस मना रहा है

पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस

और पूरे प्रदेश में ठंड के साथ साथ कोहरे का प्रभाव जारी